राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा महिलाओं और युवाओं को पर्यटन से संबंधित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना होगा चंपावत के पूर्णागिरी मंदिर में हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्वालुसुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किये गए हैं अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत कई महिलाओं को लाभ मिल रहा हैधुएं से मुक्ति मिली

साथ ही उन्होंने ग्राम्य विकास के लगाये गये स्टॉलों का निरीक्षण भी किया मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं को दूर करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है जनता मिलन कार्यक्रम में श्री रावत ने ये बात कही उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण का भरोसा दिलाया इस मौके पर लोगों ने सड़क शिक्षा पेयजल विद्यत स्वास्थ्य आपदा से क्षति का मुआवजा आर्थिक सहायता आवास पीआरडी मानदेय आदि से जुड़ी समस्याए मुख्यमंत्री के समक्ष रखी इस मौके पर श्री रावत ने छात्र छात्राओं के कैरियर निर्माण के लिए तैयार की गई कैरियर मार्गदर्शिका का विमोचन किया

इस दौरान मुख्यमंत्री ने उज्ज्वला योजना के तहत प्राथमिक विद्यालय ल्वाणी बंगाली किरूली और राजकीय इंटर कॉलेज उज्ज्वलपुर और उर्गम विद्यालयों के लिए गैस कनेक्शन भी वितरित किये स्लग राज्यपाल अल्मोड़ा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं उन्होंने कहा कि महिलाओं और युवाओं को पर्यटन से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना होगा साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें महिला स्वयं सहायता समूह से जोड़ना होगा कुमाऊं क्षेत्र के अपने भ्रमण के दौरान अल्मोड़ा पहुंचीं श्रीमती मौर्य ने कहा कि धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन और ऐतिहासिक द्व ष्टि से महत्वपूर्ण जनपद अल्मोड़ा की अपनी विशिष्ट पहचान है उन्होंने कहा कि जनपद अल्मोड़ा में कई धार्मिक पर्यटन स्थल है जिनको विकसित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में महिलायें कार्य करती है इसलिए उनकी प्राथमिकता है कि महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा पहंचे इस अवसर पर श्रीमती मौर्य ने महिला स्वास्थ्य योजनाओं पर विशेष ध्यान देने एवं उनके कल्याण के लिए कार्य करने पर जोर दिया वहीं उन्होंने कहा कि किसानो को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिले इसके लिए बाजार उपलब्ध कराना होगा राज्यपाल ने कहा कि यहां पर प्रचुर मात्रा में जड़ी बूटी का उत्पादन होता है उसका विशेष ध्यान देना होगा उन्होंने हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की बात भी कही श्रीमती मौर्य ने पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ रही नशा प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की उन्होंने कहा कि इसको रोकने के लिए प्रत्येक अभिभावक को अपने स्तर से विशेष प्रयास करने होंगे साथ ही जिला प्रशासन को भी युवाओं में बढ़ती नशाखोरी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे स्लग राज्यपाल दौरा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पिथौरागढ़ जिले का भी दौरा किया पिथौरागढ़ भ्रमण के दूसरे दिन राज्यपाल ने एक स्कूल में छात्राओं से सीधे संवाद किया और करियर को लेकर उनके सपनों के बारे में बातचीत की पिथौरागढ़ दौरे के पहले दिन राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने जनपद में पॉलीथीन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिये राज्यपाल ने जिले के अधिकारियों के साथ हई बैठक में ये निर्देश दिये उन्होंने जनपद में स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली वहीं राज्यपाल ने पहाड़ की महिलाओं को यहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए राज्यपाल ने जिले के विभिन्न विभागों और स्कूलों में खाली पदों और समस्याओं पर एक नोट तैयार कर दो दिन के अंदर राजभवन को उपलब्ध कराने को कहा ताकि सरकार को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जा सके इस दौरान श्रीमती मौर्य ने उज्ज्वला योजना आय्ष्मान भारत योजना खाद्यान्न व्यवस्था आदि को लेकर दिशा निर्देश दिये

इस मौके पर एसएसबी के केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने परेड के निरीक्षण के बाद सलामी ली

पासआउट होने वालों में सत्ताइस महिलाएं और चौहत्तर पुरूष शामिल हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवतियां पूरे दमखम के साथ सेना और अर्द्धसैनिक बलों में शामिल हो रही हैं यह देश और सेना दोनों के लिए अच्छा संकेत है दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु कांस्टेबल्स को सम्मानित करने के साथ एसएसबी की पत्रिका देवभूमि का लोकार्पण भी किया स्लग शारदीय नवरात्र चंपावत में शारदीय नवरात्र पर मां दुर्गा की उपासना के लिए मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्वालू उमड़ रहे हैं खासकर शक्तिपीठ मां पूर्णागिरि मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं इसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किये हैं पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र गुंज्याल ने बताया कि शारदीय नवरात्र श्रद्वालुओं की संख्या में बढ़ोतरी को देखते सुरक्षा बढ़ा दी गई है

पूर्णागिरी मंदिर के अलावा व्यान्ध्रा गुरुगोरखनाथ मन्दिर बालेश्वर रिशेश्वर अखिलतारिणी देवीध्रा सहित विभिन्न मंदिरों में भी इन दिनों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गैस सुविधा से वंचित परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है ताकि रसोई में खाना बनाते हुए स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल हो और महिलाओं को जहरीले धुएं से मुक्ति मिले अल्मोड़ा में इस योजना के तहत कई लोगों को गैस कनेश्कन दिये जा चुके हैं जिले के ग्राम गोलना करड़िया निवासी राधादेवी ने कहा कि उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलने से काफी सुविधा महसूस हो रही है वहीं ग्राम सैंक्ड़ा की गीता मेहरा का कहना है कि गैस कनेक्शन मिलने से अब खाना जल्दी बन जाता है

अल्मोड़ा में गैस एजेन्सी के प्रबन्धक राजीव कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला गैस योजना का मकसद महिलाओं को हानिकारक ईंधन से मुक्त करना है

इस अभियान दल को आज कुमाऊं रेजिमेन्टल सेन्टर के सेनानायक ब्रिगेडियर गोविंद सिंह राठौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस अभियान दल में एक सैन्यधिकारी एक जूनियर कमीशंड अधिकारी सहित आठ अन्य रैंकों के सैन्यकर्मी शामिल हैं इस साइकिल अभियान में देशभर के कुमाऊँ रेजिमेन्टों के सैन्यकर्मी अपना अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं

अपनी यात्रा के दौरान यह दल रास्ते में भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध में भाग लेनेवाले भूतपूर्व सैनिकों से भी रूबरू होगा

इस अवसर पर आयोजित समारोह में थल सेनाध्यक्ष भी मौजूद होंगे

इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हैं

घटना की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा